राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट की कल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ नई दिल्ली में मुलाकात के बाद कुछ विधायक जयपुर लौट आये इनमें से तीन निर्दलीय विधायकों ओमप्रकाश हडला सुरेश टांक और खुशवीर सिंह ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की इससे पहले कल शाम को विधायक भंवर लाल शर्मा भी मुख्यमंत्री से मिले पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी से अब कोई नाराजगी नहीं है और सरकार पूरी तरह सुरक्षित है इससे पहले कल देर शाम नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री पायलट ने कहा कि उनके तथा उनके समर्थक विधायकों के संगठन तथा सरकार से जुडे कुछ मुद्दे थे जिन्हें वे रेखांकित करना चाहते थे श्री पायलट ने कहा कि तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गयी है जो उन मुद्दों का समाधान करेगी इधर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की आज होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है

उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना से जुडे सभी परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिल रहे मुफ्त गेहूं और चना के अलावा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत भी अनाज बांटा जायेगा

हालांकि मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला भी जारी है

समिति राज्य सरकार और वैक्सीन निर्माताओं सहित सभी पक्षकारों के साथ बातचीत करेगी

इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने उन्हें पत्र लिखकर बधाई दी है

भरतपुर जयपुर अलवर टोंक समेत कई जिलों में कल अच्छी वर्षा के समाचार मिले है

आज सुबह बारां और झालावाड़ जिलों में कई स्थानों पर जोरदार बारिश की खबर है